प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक वर्च्यअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में सौ रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया यह विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय ने उनकी जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार किया है विजया राजे सिंधिया सात बार लोकसभा और दो बार राज्य सभा के लिए सांसद चूनी गई थीं

द्रमका विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत गठबंधन के अन्य दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे उपचुनाव में झामुर्मो प्रत्याशी की सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशी डॉ लुईस मरांडी से होगी दुमका और बेरमो उपचुनाव में राजनीतिक दलों की सभा को लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है

वहां खुली जगहों पर सभा में लोगों के शामिल होने की कोई संख्या तय नहीं की गई है शर्त है कि इसमें लोगों के बीच की दूरी छह फीट होनी चाहिए विभाग ने राजनीतिक दलों के लिए भी एसओपी जारी की है इसके तहत सभा के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी उपायुक्त हॉल या मैदान की क्षमता को देखते हुए अधिकतम लोगों की सीमा तय करेंगे सहमति पत्र पर यह संख्या अंकित रहेगी पार्टी और उम्मीदवार को सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश और निकास द्वार पर सैनिटाइजर और हैंडवॉश के साथ थर्मल स्कैनिंग की सुविधा हो सभी कुर्सियों के बीच छह फीट की दूरी पर गोला भी बनाना होगा

स्वस्थ होने की दर के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है

मृत्यु दर एक दशमलव पांच चार प्रतिशत के साथ विश्व में सबसे कम है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर तिरासी हजार पांच सौ इकहतर हो गई है पिछले चौबीस घंटों में सात सौ छियासठ मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छूट्टी मिली है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट नब्बे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गया है

इसमें आठ हजार एक सौ सरसठ सक्रिय केस है

वहीं गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है

कोविड महामारी से रोकथाम के लिए कई जानीमानी हस्तियों ने लोगों से सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील की है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

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा श्री हर्षवर्धन रविवार संवाद की पांचवीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक देशवासी को संक्रमण से बचाने के लिए एक से अधिक वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क करना होगा उन्होंने समाज के सर्वाधिक संवेदनशील और वंचित समूहों तक पहले वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करने पर बल दिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में सभी कोविड वैक्सीन परीक्षण के पहले दूसरे या तीसरे चरण में हैं और परिणामों की प्रतीक्षा है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफ एम गोल्डा और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

एक सौ तीस किलोमीटर प्रति घंटे और इससे अधिक रफ्तार से चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को विशेष एसी कोचों में बदला जाएगा रेल मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय सिर्फ तेज गति की रेलगाड़ियों के लिए है एक सौ दस किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलने वाली सभी मौजूदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच बने रहेंगे रेल विभाग रेल नेटवर्क को उच्च गति क्षमता में उन्नत करने की व्यापक योजना पर काम कर रहा है

पाकृड जिले के ग्रामीण इलाकों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनके गांव में ही इंटर पढ़ाई की सुविधा सरकार देगी इस दिशा में कार्य योजना पर अमल करने की कवायद तेज हो गयी है

इस का उद्देश्य गठिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा सरकार और नीति निर्माताओं को इसके प्रति संवेदनशील बनाना है इस वर्ष का विषय है ये आपके हाथ है कोविड काल में अधिक सुसंगत उपाय करें आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि गठिया न केवल जोड़ों बल्कि शरीर के अन्य अंगों पर भी असर डालती है

आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात आबू धाबी में डेल्ही कैपिटल्स को पांच विकेट से हरा दिया

एक सौ तिरसठ रनों का पीछा करते हुए वर्तमान चौंपियन मुंबई इंडियंस ने दो गेंदों शेष रहते जीत के लक्ष्य को हासिल कर लिया इससे पहले दुबई में हुए एक अन्य भैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पांच विकेट से हराया